केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है आज नई दिल्ली में सिविल डिफेंस और होम गार्ड के स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि ये संगठन कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं गृहमंत्री ने कहा कि किसी भी घटना से निपटने के लिए सबसे पहले नागरिक सुरक्षाकर्मी ही पहुंचते हैं इसलिए इस संगठन को अधिक मजबूत बनाना जरूरी है

इधर पटना के बिहटा में गृहरक्षा वाहिनी का स्थापना दिवस समारोहपूर्वक मनाया गया इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए गृहरक्षा वाहिनी के महानिदेशक सुनील कुमार ने कहा कि होमगार्ड जवान नागरिक सुरक्षा के लिये अपने शुरूआती दिनों से ही तत्पर रहे हैं उन्होंने कहा कि होमगार्ड जवानों के कल्याण के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पिछले साढ़े चार वर्षो में एनडीए सरकार ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित किया है आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि देश पूरी तरह सुरक्षित है श्री रिजिजू ने कहा कि देशभर में पूरी तरह शांति का माहौल है और माओवादी तत्व तथा उनकी विचारधारा का प्रभाव अब कुछ ही इलाकों में सिमट कर रह गए हैं निगरानी जांच ब्यूरो ने नालंदा जिले के भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सुभाष कुमार ग्रप्ता को पचहत्तर हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार कार्यपालक अभियंता एक ठेकेदार से बिल पास कराने के एवज में रिश्वत ले रहा था पटना उच्च न्यायालय ने प्रदेश के हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगायी है न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है तो फिर ऐसे स्कूलों को सरकार को बंद कर देना चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा को मजाक बनाकर रख दिया है न्यायालय ने सरकार से एक सप्ताह के भीतर इस मामले पर रिपोर्ट तलब की है मामले की अगली सुनवाई बीस दिसम्बर को होगी रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा है कि वे अपने दम पर राजनीति करते हैं और भविष्य में उन्हें जो भी फैसला लेना होगा वे पार्टी नेताओं की आम सहमति से ही लेंगे मोतिहारी में पार्टी के चिंतन शिविर के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री कुशवाहा ने कहा कि उन्हें राजनीति में लंबा सफर तय करना है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मूलाकात संबंधी एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें किनसे मिलना है या नहीं मिलना है ये कोई दूसरा नहीं तय करेगा इससे पूर्व शिविर को संबोधित करते हुए रालोसपा अध्यक्ष ने राज्य की मौजूदा शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता पर सवाल उठाया उन्होंने कहा कि गरीब परिवार के लोग शिक्षित होकर आगे बढ़ें इसके लिये शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है बिहार प्रमंडल के डाक महा अध्यक्ष अनिल क्मार ने कहा है कि इस महीने के अंत तक प्रदेश में नौ हजार इंडिया पोस्ट पेंमेंट्स बैंक की शाखाएं काम करने लगेंगी श्री कुमार आज कटिहार के बीएमपी स्थित पोस्ट ऑफिस में बैंक की शाखा के उद्घाटन के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि बैंक में खाता खोलने के लिये प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है डाक महा अध्यक्ष ने बताया कि राज्य के सत्रह जिलों में अब तक पासपोर्ट सेवा केन्द्र की शुरूआत हो चुकी है जबकि तेरह अन्य जिलों में इस वित्तीय वर्ष में ये केन्द्र काम करने लगेंगे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहित प्रकाश ने कहा है कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाना उनकी प्राथमिकता होगी संघ की उपाध्यक्ष अंजना सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं के लिये मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर वे ध्यान देंगी इधर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने छात्र संघ के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई दी है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने भी छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के प्रतिनिधियों को बधाई दी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने कहा है कि सरकार मीडिया की निगरानी नहीं करना चाहती है उन्होंने कहा कि मीडिया और इंटरटेनमेंट क्षेत्र के लिए स्व नियमन ही बेहतर तरीका है कृतज्ञ राष्ट्र ने आज भारत रत्न डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर के तिरसठवें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्वापूर्वक याद किया उनका निधन आज ही के दिन उन्नीस सौ छप्पन ईस्वी में हआ था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी है पटना हाईकोर्ट परिसर में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि डॉक्टर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति और जनजाति के यूवाओं को मीडिया के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए आज नई दिल्ली में डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर स्कूल ऑफ मीडिया एम्पावरमेंट में राष्ट्रव्यापी दाखिले की शुरूआत की भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली के सहयोग से चलने वाले इस पहले मीडिया स्कूल की शाखाएं पुणे असम अरूणाचल प्रदेश उत्तराखंड और देश के अन्य भागों में खोली जाएंगी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की संस्था सेवा संकल्प समिति के भवन को दस दिसम्बर के बाद ध्वस्त किया जायेगा इस संबंध में नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी ने जिलाधिकारी से दंडाधिकारी की प्रतिनियूक्ति करने का आग्रह किया है इधर मामले में गिरफ्तार मधू और झोला छाप डॉक्टर अश्विनी कुमार की सीबीआई रिमांड अवधि खत्म होने के बाद आज उन्हें जेल भेज दिया गया दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए ब्रजेश ठाक्र की मेडिकल जांच के आदेश दिये हैं न्यायालय ने ब्रजेश ठाक्र के बच्चों द्वारा स्वास्थ्य जांच के संबंध में आग्रह किये जाने के बाद यह आदेश दिया है पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार की हत्या मामले का पूलिस ने खूलासा कर लिया है पटना प्रक्षेत्र के पूलिस उप महानिरीक्षक राजेश कूमार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जितेन्द्र कुमार की हत्या उनकी पत्नी और सस्रालवालों ने करवायी है उन्होंने बताया कि मृतक अधिवक्ता का अपने सस्राल वालों के साथ एक भूखंड के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा था इसी विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया इस मामले में मृतक की पत्नी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है पटना में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मैच में बिहार ने अरूणाचल प्रदेश की टीम के चौरासी रनों के स्कोर के जवाब में एक विकेट खोकर दो सौ पचास रन बना लिये हैं मोइनूल हक स्टेडियम में आज से शुरू हए मैच में बिहार ने टॉस जीतकर अरूणाचल प्रदेश को पहले बल्लेबाजी के लिये आमंत्रित किया मेहमान टीम उनतालीस ओवर पांच गेंदों में ही चौरासी रन बनाकर ऑल आउट हो गयी मेजबान बिहार की ओर से आशुतोष अमन ने छब्बीस रन देकर अरूणाचल के चार खिलाड़ियों को आउट किया बिहार की टीम कल दो सौ पचास रनों के स्कोर से आगे खेलने मैदान पर उतरेगी इंद्रजीत कुमार एक सौ सताईस रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता आज से गया में शुरू हुई पहले दिन आठ सौ मीटर प्रूष वर्ग दौड़ स्पर्धा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के वरूण कुमार ने पहला स्थान हासिल किया वहीं महिला वर्ग में तिलकामांझी भागलपूर विश्वविद्यालय की पार्वती कुमारी ने प्रथम स्थान हासिल किया शेखप्रा जिले के शेखोप्र सराय थाना क्षेत्र के पांची गांव में अपराधियों ने आज एक स्कूली बच्चे का अपहरण कर लिया अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी जारी है समस्तीपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने लगभग नब्बे कार्टन शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मदन चौक के पास से एक तस्कर को पचास हजार रूपये मूल्य के गांजा के साथ गिरफ्तार किया है